आज देहरादून में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि छात्र जीवन का सुनहरा पल होता है जो नये जीवन और नई राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए शिक्षण संस्थानों की सराहना की दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे

उपराष्ट्रपति रुड़की उपराष्ट्रपति ने रुड़की के कुंजा बहादुरपुर गांव में राजा विजय सिंह और उनके मंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की उपराष्ट्रपति ने कहा कि कि हमें आजादी के सुत्रधार शहीदों और क्रांतिकारियों के लुप्त इतिहास पर शोध को प्रोत्साहन देना चाहिए शहीदों की गाथाओं को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसे क्रांतिवीरों पर शोध होना चाहिए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजा विजय सिंह और उनके मंत्री कल्याण सिंह जैसे लोगों की शहादत से भारत की आजादी के आंदोलन को बल मिला और देश को आजादी मिली उन्होंने कहा कि देश में हमें स्थानीय बोली भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि भाषा बोलियां ही हमारी संस्कृति को संरक्षित करती हैं इसलिए प्रदेशों में स्थानीय भाषाओं में काम करने पर जोर दिया जाना चाहिए इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यहां की मिट्टी में बहादुरी का जज्बा व्याप्त है कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने निधि विजय सिंह और उनके मंत्री को याद करते हुए उन घटनाओं का जिक्र किया जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ऐसे वीरों की कथाओं को उजागर करने के लिए हर स्तर पर काम करेगी इससे पहले उपराष्ट्रपति नायडू ने राजा विजय सिंह बहादुर के स्मारक पर जाकर उनकी मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की संतोष गंगवार केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सम्मानजनक जीवन यापन के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है

अगले वर्ष तक इस योजना से एक करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है टिहरी पीएम एसवाईएम टिहरी जिले के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से जोड़ने की पहल हो गयी है जिले में योजना को जनपद स्तर पर सफलतापूर्वक चलाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रुहिला ने अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में असंगठित क्षेत्रों के कामगार व्यापारी स्वरोजगारी एवं अधिकारी उपस्थित थे

शिविर चमोली चमोली जिले के ग्राम सभा खैनुडी में बहुउद्देश्यीय विधिक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें जिला न्यायाधीश के साथ साथ जिले की विभागीय अधिकारी भी शामिल हुए शिविर में लोगों को कानून की जानकारी के साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया मिशन इंद्रधनुष बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए प्रदेश के दस जिलों में चल रहे मिशन इंद्रधनुष को लेकर आज देहरादून में एक कार्यशाला आयोजित की गई कार्यशाला में स्वास्थ्य मिशन के निदेशक युगल किशोर पंत ने कहा कि छूटे हुए बच्चों के टीकारण के लिए अगले चार माह सघन अभियान चलेगा

मिशन इंद्रधनुष को लेकर स्वास्थ्य निदेशक डा अंजलि नौटियाल का कहना है बच्चों का नियमित टीकाकरण चल रहा है लेकिन कुछ बच्चे जो इस अभियान से छूट गये थे हम उनको टीकाकरण करने की तैयारी कर रहे हैं यह अभियान अगले साल मार्च तक चलेगा अभियान दो दिसम्बर से शुरू होगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है गौरतलब है कि मिशन इंद्रधनुष देशभर में चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत बच्चों को रुबैला रोटावायरस बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं जो कि अनेक जानलेवा बीमारियों से बच्चों का बचाव करते हैं उत्तराखंड में यह अभियान देहरादून नैनीताल और बागेश्वर को छोड़कर अन्य सभी दस जिलों में चलाया जाएगा

इस संबंध में अल्मोड़ा में चिकित्सा विभाग द्वारा मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई

इसके लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित किया गया है

लोक सेवा आयोग द्वारा भी रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है

चारधाम श्राइन बोर्ड के गठन के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जायेगा उन्होंने कहा कि देश विदेश के श्रद्वालुओं को प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर आने का मौका मिले और उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों इसके लिए कैबिनेट द्वारा श्राइन बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है उन्होंने भरोसा दिलाय कि पंडा समाज के हक हकूकों का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार के डिजिटल भुगतान योजना में बैंकर्स बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें ताकि कोई भी गांव बैंक की सेवा से वंचित न रहे

उन्होंने अल्मोड़ा जनपद के सभी स्टेक होल्डर्स बैंकर्स सरकारी विभागों से इसे साकार करने के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देने के निर्देश दिए उन्होंने जिले में संचालित योजनाओं को शत प्रतिशत डिजिटलाइज्ड करने के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने कहा कि लीड बैंक के साथ हर महीने विभाग और बैंकर्स की समीक्षा बैठक होगी उन्होंने बैंकर्स से इन मासिक रिव्यू बैठकों में सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रतिभाग करने की अपेक्षा की विज्ञान उत्सव बागेश्वर में आयोजित विज्ञान उत्सव कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों और शिक्षकों ने विज्ञान के महत्व को प्रत्यक्ष रूप से जाना और सीखा कार्यशाला में विज्ञान को कई तरह के प्रयोगों के माध्यम से भी बताया गया इस दौरान राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय कोलकाता से महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा अब्दुल कलाम के साथ विभिन्न साइंस समितियों में काम कर चुके वैज्ञानिक डा जीएस रौतेला ने कहा कि विज्ञान काफी सरल है प्रयोगों के जरिए विज्ञान को सरल ढंग से समझा जा सकता है कार्यशाला में पहुंचे अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रूची पैदा करने से उनमें वैज्ञानिक सोच उत्पन्न होगी जिससे देश के साथ ही विश्व का भी विकास होगा उन्होंने कहा कि आज देश को विज्ञान की जरूरत है और विज्ञान से ही देश और विश्वभर में फैली कुरीतियों का अंत होगा उन्होंने कहा कि कक्षा कक्ष में विज्ञान पढ़ाने का तरीका परंपरावादी और अवैज्ञानिक है जिसमें बदलाव करना होगा